जगत प्रकाश नड़डा सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी बधाई प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे

सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एक्जामिनेशन ये प्ररी जिंदगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे प्ररे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए जिस दिन मां बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो भई कुछ नहीं ये जो मूड बना देते हो मेहरबान करके ऐसा मत करो परीक्षा पे चर्चा के तीसरे चरण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के सद्पयोग के लिए टैक्नोलोजी को नियंत्रित रखना चाहिए बाईट प्रधानमंत्री प्राण तत्वों को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत सुस्त हो जाएगी और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए लेकिन हम टेक्नोलाजी के गुलाम नहीं होने चाहिए लेकिन टेक्नोलाजी हर पल बदलती जा रही है आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है हर नई टेक्नोलाजी के प्रति आपकी रूचि होनी चाहिए जानना चाहिए समय निकाल करके ओरों को पूछना चाहिए क्या नई टेक्नोलाजी आई है इसकी भी रूचि विद्यार्थी काल में हममें डेवलप होनी चाहिए इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा

प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रॉबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है और विदयार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए बाईट प्रधानमंत्री एक्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए डरना ही नहीं चाहिए खुद को कसते रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे द्रसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है

विद्यार्थी ऐसा नहीं है जीवनभर भीतर के विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है नया नया सीखना नया नया जानना नया नया पहचानना

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर पुस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना और देखा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला जिले में सुन्नी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़गी में विद्यार्थियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों से संवाद भी किया और उन्हें परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए प्रोत्साहित किया सोलन में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री की ज्ञानवर्द्वक बातों से उन्हें काफी प्रेरणा मिलती है

बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एचपीबीओएसई डॉट ओआरजी पर परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी ले सकते हैं

यह उड़ानें मौसम पर निर्भर करेगी भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा को आज सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया भाजपा के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया इससे पहले नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जगत प्रकाश नड़डा के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किए थे जगत प्रकाश नड़डा को पिछले वर्ष जुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और वे लंबे समय से भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वे कैबिनेट मंत्री थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा सभी तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए पार्टी को मजबूत करने में सफल होंगे

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नड्डा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सामान्य कार्यकर्त्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक आसीन होना उनके त्याग समर्पण व कर्तव्यनिष्ठा का परिचायक है अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताते हुए कहा कि जगत प्रकाश नड़डा के कुशल मार्गदर्शन में पार्टी नई ऊंचाईयों को छुएगी मौसम प्रदेश भर में शीत लहर का प्रकोप जारी है और कई स्थानों पर तापमान आज भी शुन्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया

किन्नौर जिले में अधिकांश स्थानों पर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई है

उधर चम्बा जिले में पांगी घाटी की शूण पंचायत के उदीन हिल टाउन और संधारी में पिछले तीन हफ्तों से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है शूण पंचायत की उपप्रधान शांता शर्मा ने प्रशासन से विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने का आग्रह किया है

शिष्टमंडल प्रदेश मास्ट्स एथलेटिक्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के एक शिष्टमंडल ने अध्यक्ष रिपू दमन कौशिक के नेतृत्व में आज शिमला में वन व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर से मुलाकात की शिष्टमंडल के सदस्यों ने खेल मंत्री को फैडरेशन की उपलब्धियों और आगामी कार्यक्रमों से अवगत करवाया

मणिमहेश यात्रा चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्वालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रशासन ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं

उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा